इस विधेयक में जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केन्द्र शासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केन्द्र शासित प्रदेश बनाने का प्रावधान है

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है बल्कि राजनेता वहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं

अब राज्य की संविधान सभा विधान सभा के नाम से जानी जायेगी जम्मू कश्मीर में राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे

यह धारा संविधान के इक्कीसवें भाग में अस्थायी तात्कालिक और विशेष प्रावधान के रूप में उल्लेखित है

संविधान सभा ने राज्य में राजशाही समाप्त करने का प्रस्ताव किया

उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये एक एतिहासिक दिन है उन्होंने देशवासियों को भी बधाई दी है

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये फैसला ऐतिहासिक है मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया हरिद्वार और रूड़की में भी जश्न मनाया गया लोगों ने इस फैसले के समर्थन में बम पटाखे फोड़े प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आजादी के बाद से भारत में कश्मीर को लेकर बहत से सवाल लोगों के जेहन में थे

पिथौरागढ़ में भी भाजपा ने जश्न मनाया भाजपा कार्यकर्ताओ ने जिला मुख्यालय में जमकर आतिशबाजी की और मिठाई बांटी इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आये

इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि अभी तक बाल सम्प्रेक्षण गृह किराये के भवन में चल रहा है जहां बच्चे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं इस सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण के बाद संप्रेक्षण गृह में आने वाले किशोरों को स्वस्थ वातारण के साथ सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल मिलेगा इससे उनका मनोबल बढ़ेगा उन्होंने बताया कि नये परिसर में बच्चों के खेलने के लिए मैदान और प्रशिक्षण की सुविधाएं होंगी स्लग ग्णवत्ता मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत पांच करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यो की गुणवत्ता का मूल्यांकन श्री राम कन्सल्टैन्ट प्राइवेट लिमिटेड से कराया जायेगा इन कार्यो में नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाएं भी शामिल हैं अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने देहरादून में इस बात की जानकारी दी उन्होंने बताया कि मूल्यांकन दो चरण में किया जायेगा

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण पुल निर्माण और भवन निर्माण आदि के कार्य कराये जाते हैं उन्होंने बताया कि अगर श्री राम कन्सल्टैन्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जांच के बाद रिपोर्ट मिलने पर विभागीय जांच करने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट में पारदर्शिता नहीं मिलेगी तो उनके विरूद्व शासन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी स्लग बैठक उत्तरकाशी उत्तरकाशी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने अधिकारियों को द्र्घटना संभावित क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को एक हफ्ते के अदंर सड़क मार्गो में साइन बोर्ड लगाने की हिदायत दी है जिलास्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जिले में दुर्घटनाओं और घायलों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जिलाधिकारी ने कहा कि समय समय पर स्कूली बच्चों और अन्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना जरूरी है इसके लिए अभियान चलाया जाएगा

इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने संस्थान के इस प्रयास की सराहना की उन्होंने कहा कि बच्चों के जन्मदिन शादी ब्याह या फिर प्रियजनों की पुण्यतिथि पर लोगों को पौधे लगाने की शुरूआत करनी चाहिये संस्थान के निदेशक नचिकेता राउत ने बताया कि पेडों की कमी के कारण पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है ऐसी स्थित में अधिक से अधिक पौधों का रोपण किया जाना चाहिए

इस दौरान कई यात्री वाहन बाल बाल बचे

सड़क बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं पुलिस ने एहतियात के तौर पर वाहनों को चम्पावत कोतवाली और चल्थी चौकी में ही रोका है